राज्य के सरकारी अस्पतालों में की जायेगी आपूर्ति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

सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रदेश में पिछले चार दिनों से कोविड के नये मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है वहीं स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दर घटकर दस दशमलव एक छह प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में संक्रमण के दस हजार नौ सौ बीस नये मामलों की पुष्टि हुई है पटना में सबसे अधिक एक हजार सात सौ दो संक्रमित पाये गये हैं समस्तीपुर में सात सौ बेरासी पूर्णिया में पांच सौ उन्यासी बेगूसराय में पांच सौ ग्यारह वैशाली में चार सौ तिरानवे मुजफ्फरपुर में चार सौ बावन पूर्वी चंपारण में चार सौ बयालीस मध्बनी में चार सौ पैंतीस और औरंगाबाद में चार सौ तीस मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है वर्तमान में एक लाख पांच हजार एक सौ तीन मरीजों का उपचार चल रहा है वहीं पन्द्रह हजार आठ सौ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी भी दी गयी स्वस्थ होने की दर इक्यासी दशमलव नौ सात प्रतिशत है अब तक चार लाख तिरानवे हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं इस बीच प्रदेश में एक दिन में कोविड संक्रमण से एक सौ छिहत्तर लोगों की मौत की खबर है मूफ्त कोविड टीकाकरण अभियान के लिए राज्य सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है इस धनराशि से सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में कोविड के मुफ्त टीके की व्यवस्था की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी वहीं नियोजित शिक्षकों के दो महीने के वेतन भुगतान के लिए एक हजार सात सौ सोलह करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है प्रदेश में अब तक इक्यासी लाख इक्यासी हजार नौ सौ उनतालीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक लाख चौबीस हजार सात सौ अड़तालीस लोगों को कोविड के टीके दिये गये स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के साठ हजार छह सौ पन्द्रह लोगों का टीकाकरण हुआ वहीं पैंतालीस वर्ष से ऊपर के बीस हजार तीन सौ उनचास लोगों को टीके की पहली डोज जबकि इकतालीस हजार नौ सौ लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गयी इधर देश में अब तक सत्रह करोड़ छियालीस लाख से अधिक कोविड टीके लगाये जा चुके हैं राज्य में अठारह से चौवालीस वर्ष तक के लाभार्थियों के कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में केन्द्र बनाया जा रहा है इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिये हैं पत्र में कहा गया है कि इस आयु वर्ग के लाभार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए अलग टीकाकरण केन्द्र बनाने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूल और कॉलेजों में आवश्यक सुविधाएं तत्काल बहाल करें प्रदेश में बिना फोटोयुक्त पहचान पत्र वाले लोगों का भी कोविड टीकाकरण किया जायेगा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं उन्होंने बताया कि साधु संन्यासी कैदी मानसिक रोगी भिखारी तथा वृद्धाश्रम और पुनर्वास केन्द्रों में रह रहे लोगों के साथ साथ अन्य चयनित योग्य लाभार्थियों को टीके लगाने का लक्ष्य है उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीके दिये जायेंगे केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन लोगों ने कोविड टीके की पहली डोज ले ली है उन्हें दूसरी डोज के लिए प्राथमिकता दी जाए वायुसेना के विशेष विमान से आज एक सौ सैंतालीस ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर दिल्ली से पटना पहुंचे इन ऑक्सीजन कान्संट्रेटर से राज्य के नौ मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाये जायेंगे कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन मामले में जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को आज सुबह पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत मंदिरी मोहल्ला स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है पूर्व सांसद के खिलाफ पटना के पीएमसीएच में सरकारी कार्य में बाधा डालने और कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में पीरबहोर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है गौरतलब है कि श्री यादव पिछले कई दिनों से राज्य के विभिन्न अस्पतालों में में समर्थकों के साथ जाकर वहां कोविड के इलाज की स्थिति की जानकारी ले रहे थे इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पशु तथा मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को असंवेदनशील करार दिया है श्री मांझी ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि न्यायिक जांच के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए केन्द्र सरकार ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि कोविड संक्रमण फाइव जी टेक्नोलॉजी के कारण फैल रहा है संचार मंत्रालय ने कहा कि कई सोशल मीडिया मंचो से भ्रामक संदेश दिये जा रहे हैं कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर फाइव जी मोबाइल टावरों के परीक्षण के कारण आई है मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें पूरी तरह बेबुनियाद और गलत हैं मंत्रालय ने लोगों को ऐसी गुमराह करने वाली खबरों और अफवाहों से बचने को कहा है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फाइव जी टेक्नोलॉजी और कोविड महामारी को जोड़ने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है तथा फाइव जी नेटवर्क का परीक्षण अभी भारत में कहीं भी शुरू नहीं हुआ है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में तेरह लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान राज्य भर में ग्यारह सौ छह वाहनों को जब्त किया गया साथ ही वाहन चालकों से तेईस लाख तिरासी हजार से अधिक की राशि जुर्माना के रूप में वसूल की गयी है वहीं बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों से एक लाख तिरासी हजार से अधिक की राशि जुर्माने के तौर पर वसूल की गयी है बक्सर में गंगा नदी में बहकर आये शवो की कोविड उन्नीस और डीएनए जांच के लिए नमूने लेकर प्रयोगशाला भेज दिये गये हैं जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि चौसा प्रखंड स्थित महादेवा श्मशान घाट पर बीते मध्य रात्रि में ही सभी इकहत्तर शवों को दफना दिया गया जिलाधिकारी ने बताया कि आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गंगा ठोरा और कर्मनाशा नदियों में सघन पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है केन्द्र सरकार ने बक्सर में गंगा किनारे शवों का ढ़ेर मिलने के मामले में चिंता व्यक्त की है केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि शवों का इस तरह गंगा में बहाया जाना गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए चिंताजनक है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रोफेसर अंजन त्रिखा का कहना है कि कोविड संक्रमण की प्रष्टि के बाद आइसोलेशन में रहना बहुत जरुरी है इससे महामारी को फैलने से प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है

औरंगाबाद जिले के वारुण के समाजसेवी चंदन कुमार भी पिछले पंद्रह दिनों से जरुरमंद लोगों को मुफ्त मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर उनकी जान बचा रहे हैं आकाशवाणी से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि औरंगाबाद के अलावा रोहतास के डिहरी से भी लोग मदद के लिए आते हैं

उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बुखार और सिर दर्द की शिकायत के बाद आरटीपीसीआर जांच करायी गयी है इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आयी है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि समस्तीपुर जिले के उजियारपुर और पटोरी में पन्द्रह दिनों के भीतर नये ऑक्सीजन उत्पान संयंत्र स्थापित हो जायेंगे शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्भा में लॉकडाउन का उल्लंघन के आरोप में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने के मामले में तीस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है शेखपुरा की जिलाधिकारी इनायत खान के पिता का आज कोविड संक्रमण के कारण निधन हो गया उनका पटना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था समस्तीपुर जिले में कोविड संक्रमण के मामले पाये जाने पर पांच सौ पचहत्तर कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं एनटीपीसी बरौनी द्वारा कोविड संक्रमण से बचाव के लिए आज बेगूसराय जिले के सिमरिया मलहीपुर और चकिया में सेनेटाईजेशन अभियान चलाया गया प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बारिश के अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं अगले चौबीस घंटों में पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है आज सुबह कटिहार और अररिया समेत कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक चौरासी मिलीमीटर बारिश कटिहार में दर्ज की गयी हमारे संवाददाता ने बताया है कि देर रात से शुरू हुई मुसलाधार बारिश से कटिहार के कई इलाकों में दो दो फूट पानी जमा हो गया है मौसम वैज्ञानिक पंकज कुमार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के असर से सत्रह मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है

इसे लेकर विभिन्न इस्लामिक संगठनों ने लोगों से स्वयं चांद देखने की अपील की है इधर इमारत ए शरिया बिहार झारखंड ओडिशा और अन्य प्रतिष्ठित इस्लामिक संगठनों ने लोगों से कोविड की स्थिति को देखते हुए ईद की नमाज घर पर ही अदा करने की अपील की है

राज्य के सरकारी अस्पतालों में की जायेगी आपूर्ति